सरकार ने बीस अप्रैल से कृषि और इससे जूडी गतिविधियों स्वास्थ्य सेवाओं वित्तीय संस्थानों के संचालन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति दी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सकों पर हमले को अक्षम्य अपराध बताया हमलावरों की सम्पत्ति जब्त करने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने के मद्देनजर नए दिशानिर्देश अधिसुचित किए हैं जनता की कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों की अनुमति दी गई है यह अनुमति ऐसे क्षेत्रों में बीस अप्रैल से लागू होगी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा घोषित कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर होंगे दो चालकों और एक हेल्यर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की अनुमति होगी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर बिजली निर्माण संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे प्रसारण डीटीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए समी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाए दे रहे तथा मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल होम स्टे लॉज और मोटल काम करते रहेंगे केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे प्रलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विभाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल और नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे पूर्णबंदी के दूसरे चरण के लिए गृह मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं इनके अनुसार खेतीबाड़ी और बागवानी संबंधी कार्य पूरी तरह से जारी रहेंगे किसानों और श्रमिकों द्वारा कृषि संचालन कृषि उत्पार्दो की खरीद में लगी एजेंसियों कृषि उपज बाजार समितियों द्वारा संचालित मंडियों या राज्य द्वारा अधिसूचित मंडियों को छूट दी गई है इसके अलावा किसानों किसानों के समूह किसान उत्पादक संगठनों और सहकारिता को भी लॉकडाउन से मुक्त किया गया है मशीनरी से जुड़े स्पेयरपार्ट्स और मरम्मत आदि से जुड़ी दुकाने भी बीस अप्रैल से खुली रहेगी कृषि सम्बंधी मशीनरी कीटनाशकों और बीज की खुदरा बिक्री की भी अनुमति होगी इसके अलावा बागवानी उपकरणों एवं कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों के राज्य के अंदर आवागमन की अनुमति दी गई है मछली पकड़ने और जलीय कृषि उद्योग के संचालन की भी अनुमति दी गई है दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट द्वारा दूध उत्पादकों के संग्रह और वितरण एवं बिक्री का काम भी जारी रहेगा इसके अलावा पशुपालन फार्मो और गौशालाओं सहित पशु आश्रयगृहों के संचालन की भी अनुमति दी गई है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी नागरिकों विशेष रूप से ऐसे ग्रामीण इलाकों जहां मेडिकल सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं हैं वहां सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है राज्य सरकारों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति बढाने के उपायों को प्राथमिकता देने तथा राहत शिविरों पृथक पेयजलों अस्पतालों वृद्वाश्रमों और झग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है प्रदेश सरकार ने बीस अप्रैल से राज्य में औद्योगिक इकाइयों निर्माण कार्यों तथा पेट्रोल पंप शुरू करने संबंधी कई फैसले किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई उच्चस्तरीय बैठक में तय किया गया कि उन अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं शुरू की जाएंगी जहां पर कोरोना वायरस से बचने के जरूरी इंतजाम होंगे और जहां सभी मेडिकल स्टाफ को कोरोना से बचाव का प्रशिक्षण प्राप्त होगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त के साथ उन औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू करने की इजाजत देगी जो एक इंटीग्रेटिड कॉम्प्लेक्स में रिथत हैं इन इकाइयों के कर्मचारियों और अधिकारियों को लाने के लिए विशेष बसें चलाई जाएगी प्रदेश में स्टैम्प और रजिस्ट्री का काम भी कुछ शर्तों के साथ शुरू होगा इसके साथ ही सभी एलपीजी पीएनजी पीएनजी आउटलेट और पेट्रोल पंप भी खोले जाएंगे हाइवे सड़क मेडिकल कॉलेज और दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम भी केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में शुरू किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखबारों में विज्ञापन देकर प्रदेश के लोगों से लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ही रहने की अपील की है उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र में फंसे लोगों के लिए नितिन गोकर्ण को प्रशासनिक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है उनसे संपर्क के नम्बर है सात शून्य शून्य सात तीन शून्य चार दो चार दो और शून्य पांच दो दो दो दो तीन चार छः पांच चार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन से लड़ाई में जुटे पुलिसकर्मियों स्वास्थ्य कर्मियों और स्वच्छता अभियान से जुड़े कर्मियों पर हमला या दुर्व्यवहार अक्षम्य अपराध है और दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम दो हजार पांच तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका के तहत कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मुरादाबाद की कल की एक घटना का संज्ञान लेते हुए दिये उन्होंने कहा कि राजकीय सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई दोषियों की सम्पत्ति से की जायेगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपद्रवी तत्वों को तत्काल चिन्हित कर लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं कल मुरादाबाद में कोरोना संदिग्ध की जांच के मामले में गई चिकित्सकों और पुलिस की टीम पर हमला किया गया जिसमें चिकित्सक सहित अन्य लोग घायल हुए थे हमलावरों की ओर से किए गए पथराव में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे प्रदेश सरकार राज्य में लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई के साथ लागू कर रही है नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है प्रदेश में कोरोना हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या सात सौ सत्ताईस पहुंच गई है कल उन्हत्तर नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई सबसे ज्यादा इकत्तीस रोगी लखनऊ में मिले जहां अब कूल मरीजों की संख्या बढ़कर पचहत्तर हो गई है आगरा में सात और लोगों में संक्रमण की पृष्टि हुई है यहां संक्रमित मरीजों की संख्या एक सौ उन्चास पहुंच गई है गौतमबुद्ध नगर में बयासी मेरठ में पैंसठ और सहारनपुर में तिरपन लोगों में अब तक कोविड नाइन्टीन संक्रमण की पुष्टि हुई है इस बीच राज्य में पीलीभीत और अलीगढ़ जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित किए गए हैं प्रदेश में गेहूँ की सरकारी खरीद कल से शुरू हो गई सरकार ने राज्य में गेहूँ खरीद के लिये समी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की है गेहूँ का समर्थन मूल्य एक हजार नौ पच्चीस रूपये प्रति कुन्तल रखा गया है और इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि गेहूँ की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न हो प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि गेहूँ खरीद के लिये राज्य में पांच हजार पांच सौ केन्द्र बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बावजूद किसानों को अपनी फसल क्रय केन्द्रों तक लाने की छूट दी गई है गेहूँ क्रय केन्द्रों पर भीड़भाड़ से बचने के लिये किसानों को गेहूँ बेचने के लिये ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिये कहा गया है लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाए जाने के कारण वाराणसी के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की छब्बीस अप्रैल और दस मई को होने वाली स्नातक और परास्नातक प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है प्रवेश परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी इसके अलावा एक मई से छह मई के बीच होने वाली निर्धारित विद्यालय प्रवेश परीक्षा को फिलहाल अगली तिथि की घोषणा तक टाल दिया गया है